राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है कई नदियां का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है कमला नदी जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान के करीब है

लालबकेया नदी में पानी बढ़ने से पूर्वी चंपारण का सीतामढ़ी से सड़क संपर्क ट्रट गया है जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी का पानी बराह में एक लाख सतहत्तर हजार से अधिक क्यूसेक को पार कर गया है सोन नदी का पानी इंद्रपुरी बराज पर अड़तालीस हजार क्यूसेक पहुंच गया है भूथही बलान मधुबनी में लालबकेया पूर्वी चंपारण में और महानंदा ढेंगराघाट में खतरे के निशान को पार कर चुकी है भारी बारिश को देखते हुये अररिया और किशनगंज जिलों में तेरह जुलाई तक स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया गया है सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी रून्नीसैदपुर के कटौझा ढेंग सोनाखान समेत सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जबकि जिले के मेजरगंज बैरगनिया और सुप्पी प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है उत्तर बिहार में कई राष्ट्रीय राजमार्गो पर बाढ़ पानी का फैलने के कारण यातायात बाधित हो गया है और कई शहरों का सड़क संपर्क टूट गया है नरकटियागंज रेलवे स्टेशन में पानी प्रवेश कर गया है रेल लाइन पर पर पानी भर जाने के कारण मुजफ्फरपुर में कई घंटे तक रेलवे का परिचालन बाधित रहा इस बीच ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें इस संबंध में अधिकारियों को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि बाढ़ के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने का हर संभव प्रयास करें वहीं जल संसाधन विभाग ने दावा किया है कि नदियों पर बने बराज और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की संभावित स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है राज्य के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय होने के कारण मध्यम से भारी बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई है सबसे अधिक छत्तीस सेंटीमीटर बारिश पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में दर्ज की गयी है केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज टीसीएस केंद्र का उद्घाटन करेंगे टीसीएस का बिहार में यह अब तक सबसे बड़ा निवेश होगा कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और टीसीएस के अधिकारी मौजूद रहेंगे राज्यसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग को संसद और विधानसभाओं में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने से संबंधित एक गैर सरकारी विधेयक नामंजूर कर दिया गया विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है पूर्व मध्य रेलवे ने श्रावणी मेले में देवघर जाने वाले श्रद्धालूओं की सूविधा के लिये आठ जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों का परिचालन सोलह जुलाई से सोलह अगस्त तक किया जायेगा लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस ध्वनिमत से पारित कर दिया है विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुये छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पटना विश्वविद्यालय और छपरा स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की राज्य में सूखे की स्थिति और जलवायू परिवर्तन विषय पर आज विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद समेत विधायक विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के डॉक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ कम करने और डॉक्टर तथा मरीजों के बीच वैश्विक अनूपात बनाये रखने के लिए अस्पतालों में रिक्त पदों को जल्द भरने की सलाह दी है स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में कहा कि दूरदराज के इलाकों में तैनात डॉक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जाये उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाओं की रोकथाम के लिए कानून बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समिति गठित की गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने विधानसभा में कहा कि बिहार सरकार जल्द ही छह हजार चार सौ सैंतीस डॉक्टरों की बहाली करेगी उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जायेगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक हजार सात सौ चौवन किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जायेगा

शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों की अनुदान राशि मॉनसून सत्र के बाद जारी की जायेगी विधान परिषद में उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में शिक्षा विभाग के पास तीन अरब तीस करोड़ का बजट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि लोक अदालत में तेरह हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है पटना उच्च न्यायालय ने कैमूर जिले में भारतीय पूरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधीन संरक्षित मुंडेश्वरी मंदिर की जीर्ण शीर्ण स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है गृह विभाग ने भारतीय पूलिस सेवा के चार अधिकारियों का तबादला कर दिया है जारी अधिसूचना के अनुसार विनय तिवारी को पटना मध्य का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है जबकि पटना मध्य के पुलिस अधीक्षक प्राणतोष कुमार दास को पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है उधर संजय सिंह को आईजी प्रोविजन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है उमाशंकर प्रसाद को डीआईजी रेल बनाया गया है भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने कहा है कि अब जलस्त्रोतों पर पक्के मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जिला प्रशासन इसके लिये ठोस और उचित कार्रवाई करे पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लीग चरण का समापन हो गया पुल ए में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर बिहार की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने रिजर्व बैंक के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है केसीसी को फसल बीमा अनिवार्य नहीं दैनिक जागरण ने कर्नाटक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है कर्नाटक में रहे यथास्थिति इसके साथ ही अखबारों ने विभिन्न पक्षों का बयान भी छापा है दैनिक भास्कर ने यूएन एमपीआई रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर का शीर्षक लगाया है बिहार के अड़तीस जिलों में ग्यारह ऐसे जिनमें दस में छह लोग गरीब प्रभात खबर ने बाढ़ से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है उत्तर बिहार और कोसी क्षेत्र की नदियों में उफान इसके साथ ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मिली जमानत को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है